आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

जल जीवन मिशन म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को इस वर्ष दिसम्बर अन्त तक सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की उपलब्धता का टारेगट पूरा करने के निर्देश दिये हैं जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान म्ख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो कनेक्शन दिये जा रहे हैं उसमें निर्धारित मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए बैठक में म्ख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा कि जो नये कनेक्शन दिये जा रहे हैं इससे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ जायेगा प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में कमी न हो इसके लिए जल स्रोतों के पनर्जीवीकरण और संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास किये जाए कैबिनेट फैसले राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी निकायों में शामिल नये क्षेत्र में दस साल तक हाउस टैक्स नहीं लेने का फैसला किया है राज्य मंत्रिमंडल की कल हई बैठक में विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विद्यालयी शिक्षा के तहत हर ब्लाक में दो सरकारी अटल उत्कृष्ट विद्यालय को खोलने की स्वीकृति दी है शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में आईडीपीएल के बकाया बिजली बिलों के प्रतिपूर्ति को लेकर भी फैसला लिया गया

इसके अलावा राज्य के प्रत्येक जिले में मौन पालन के लिए मध् ग्राम बनाये जाने का निर्णय भी लिया गया हॉटमिक्स प्लांट चमोली जिले के कोठियालसैंण नंदप्रयाग मोटरमार्ग पर डिडोली मासौं के पास अवैध रूप से लगाए गए हॉटमिक्स प्लांट को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है दरअसल जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया को कोठियालसैंण नंदप्रयाग मोटरमार्ग पर मौसों क्षेत्र में अवैध ढंग से हॉटमिक्स प्लांट संचालन की शिकायत मिली थी इस पर कार्रवाई करते हए जिलाधिकारी ने एसडीएम चमोली को क्षेत्र का निरीक्षण करने के निर्देश दिए निरीक्षण के दौरान बिना अनुमति के डिडोली मार्सौं में हॉटमिक्स प्लांट का संचालन करने पर एसडीएम ने तत्काल प्लांट को सील कर दिया

रेता और गिट्टी के अवैध भण्डारण पर ठेकेदार के खिलाफ भी चालान किया गया मोटरमार्ग बंद नैनीताल के भवाली नैनीताल टांकी किलबरी पंगोट मोटरमार्ग में नवीनीकरण कार्य किया जा रहा है

जिलाधिकारी सविन बंसल ने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे सड़क नवीनीकरण कार्य को समय पर प्रा करे ताकि यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े उन्होंने यात्रियों से भी सड़क नवीनीकरण कार्य में सहयोग करने की अपील की

एक महीने तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य शहरों में प्लास्टिक कचरे से होने वाले न्कसान को रोकना और पर्यावरण को संरक्षित रखना है

उन्होंने कहा कि इससे जहां एक ओर साफ सफाई स्निश्चित होगी वहीं लोगो मे मास्क पहनने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी यह अभियान जिले के अलग अलग स्थानो पर चलाया जायेगा

वरिष्ठ प्लिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में मार्च पास्ट करते हुए प्लिस ने लोगों को मास्क पहनने साबुन से हाथ धोने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की वरिष्ठ प्लिस अधीक्षक ने कहा कि त्योहारों को देखते हए सभी थानों में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी दी जा सके उन्होंने जनता से सरकार के दिए निर्देशों को ध्यान में रखते हए बाजारों में खरीदारी करने की अपील की

यहां दो जगहों पर यह जांच होगी

जांच पूरी तरह निश्ल्क होगी

शिक्षिका कोरोना पॉजिटिव बागेश्वर के एक स्कूल में शिक्षिका के कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्कूल तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया स्टाफ के सभी कर्मचारियों और शिक्षकों का भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा

बताया जा रहा है कि शिक्षिका ने तबियत खराब होने पर अस्पताल में संक्रमण की जांच कराई तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई स्कूल प्रशासन ने तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन और सीइओ कार्यालय को दी प्रशासन ने त्रंत स्कूल बंद करने के निर्देश दिए शिक्षिका को आइसोलेट कर दिया गया है उनके संपर्क में आए सभी लोगों का कोरोना संक्रमण जांच की जाएगी